सदन में प्रश्नकाल के अलावा अन्य शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रारंभ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची के बारे में वक्तव्य देंगे जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर सहित अन्य मंत्री अपने विभागों से संबंधित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश नगर निगम अधिनियम का और संशोधन करने के लिये विधेयक पर चर्चा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे इससे पूर्व शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर निजी विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगे

इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्यस्तरीय समारोह शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित किया जाएगा महिला दिवस पर आज प्रदेश में महिला पुलिस कानून व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक की कमान भी संभाल रही हैं पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सम्मान देना और पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है उन्होंने कहा कि शिमला के रिज मैदान पर आज महिला पुलिस की विशेष परेड का आयोजन किया जाएगा जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे इस दौरान पुलिस की महिला कर्मी परेड बाईक स्टंट और साहसिक करतब प्रस्तुत करते हुए अपने शौर्य को दिखाएंगी

इस मौके पर कॉफी टेबल बुक वीरांगना नामक स्मारिका का विमोचन भी किया जाएगा वहीं शिमला के गेयटी थियेटर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहली महिला आईपीएस से लेकर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एएसआई हेडकांस्टेबल और कांस्टेबल को सम्मानित किया जाएगा

एचपीटीडीसी की कार्यकारी निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर निगम के कर्मचारी निगम की परिसंपत्तियों में महिलाओं का स्वागत करेंगे इस अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष पकवान भी परोसे जाएंगे मौसम प्रदेश के जनजातीय जिलों की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में हो रही वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है इस बारिश व बर्फबारी से किसानों व बागवानों ने राहत की सांस ली है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है महिला दिवस पर अमर उजाला की सुर्खी है शिमला समेत बड़े शहरों की आज ट्रैफिक और कानून व्यवस्था संभालेंगी महिला पुलिस जवान दैनिक जागरण का शीर्षक है प्रदेश में पहली बार होगी ऑल वुमन परेड

प्रधानमंत्री बोले हिमाचल का हर परिवार देवतदूत के समान दिव्य हिमाचल की खबर है दैनिक जागरण के मुताबिक कृष्णा बोली देवदूत मोदी की बदौलत मिली सस्ती दवा वहीं दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है ठियोग की कृष्णा ने प्रधानमंत्री मोदी से की मन की बात

विधानसभा सत्र से जुड़ी खबर पर हिमाचल दस्तक ने लिखा है आज पेश होगा नगर निगम चुनाव संशोधन विधेयक पंजाब केसरी का शीर्षक है विधानसभा में बजट चर्चा पर आज फिर आमने सामने होंगे पक्ष विपक्ष आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को किया मजबूत नगर निगमों के गठन से शहरों का योजनाबद्व विकास होगा सुनिश्चित